ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने आए श्री तोमर ने कहा कि कृषि स्धारों की प्रक्रिया किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली साबित होगी

रीवा में आयोजित सम्मेलन में म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नही होगीं उन्होंने कहा कि मंडियों को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा किसान मंडियो के साथ साथ अच्छे दाम मिलने पर व्यापारियों को भी फसल बेच सकेंगे श्री चौहान ने कहा कि नये कृषि कानून किसानों को अपनी फसल का दाम तय करने और अपनी मर्जी से फसल बेचने का अधिकार देते हैं उन्होंने प्रछा कि ऐसा कानून किसान विरोधी कैसे हो सकता है

जिनमें म्ख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया ग्वालियर में आयोजित किए सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए वहीं सागर में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि आजादी के बाद पहली दफा मोदी सरकार ने किसानों को दलाल और व्यापारियों के गिरोहों से म्क्ति दिलाने का काम नए कृषि कानूनों के जरिये किया है शिवप्री में नए कृषि कानून को लेकर भाजपा नेताओं ने किसान चौपाल लगाकर कृषि बिल के संबंध में सही जानकारी दी

अनूपप्र से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले से राहत वाली खबर मिले है

जबलप्र जिले में भी कोरोना कि गति कम होती नजर आ रही है

श्योप्र में एसडीएम रूपेश उपाध्याय में संक्रमण की पृष्टि हई है

निर्देशों में कहा गया है कि विदयालय में विदयार्थियों की उपस्थिति माता पिताए अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अन्मति दी जाएगी आवासीय विद्यालय डे स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिवहन स्विधा में वाहनों में सम्चित भौतिक दूरी स्निश्चित की जाएगी और वाहनों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा विद्यालय में प्रार्थनाए सामूहिक गतिविधियांए खेलकूदए स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हों इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा

इस अवसर परए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्स्वर्णिम विजय वर्षश के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हआ था

ऐसे में ठंड ने जोर पकड़ना श्रू कर दिया है यही कारण रहा कि भोपाल समेत प्रदेश भर में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं सागरए रतलामए शिवप्री में रात का पारा सामान्य से नीचे चला गया

मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि कल से तामपमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी विदिशाए सतनाए रीवाए सीधी और सिंगरौली में आज कहीं कहीं हल्की बारिश हई मौसम विभाग ने शहडोल रीवा कटनी छिंदवाड़ा सिवनी मंडला दमोह सागर छतरप्र और विदिशा जिलों में क्छ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है वहीं छतरपुर टीकमगढ़ सागर जबलप्र और नरसिंहप्र में स्बह के समय घना कोहना छाने का यलो अलर्ट जारी किया है

श्री सिंह पर डिंडोरी नगर परिषद के उपयंत्री रहते हए सीमेंट कांक्रीट सड़क में गुणवत्तापूर्ण सामग्री नहीं लगवाने का आरोप है

ड्ण राजगढ़ कलेक्टर ने गौकास्ट निर्माण के लिए गौशालाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं ण झाब्आ कलेक्टर ने आज राणाप्र तहसील के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की